राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल राज्य के एक दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं श्री कोविंद पटना पहुंचने के बाद समस्तीपुर के लिये प्रस्थान करेंगे राष्ट्रपति समस्तीपुर के पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के दस टॉपर छात्रों को प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान करेंगे दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह भी भाग लेंगे पूसा में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के बाद राष्ट्रपति श्री कोविंद पटना के ज्ञान भवन में एनआईटी के आठवें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे वे दस छात्रों को गोल्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे एनआईटी के निदेशक पीके जैन ने बताया कि शैक्षणिक सत्र दो हजार सत्रह अठारह के सात सौ छत्तीस विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जायेगी राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए पूसा और पटना में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव की दिशा में अपार संभावनाएं उपलब्ध हुई हैं सिंगापुर फिनटेक उत्सव यानि वित्तीय सुविधा से संबंधित प्रौद्योगिकी में अपने मुख्य भाषण में श्री मोदी ने कहा कि देश में डिजिटीकरण सफल रहा है क्योंकि इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को लेन देन की सुविधा उपलब्ध हुई है उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान से समय बचता है और लोगों तथा आर्थिक व्यवस्था की उत्पादकता में बढोतरी होती है उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और नवाचार के माध्यम से भ्रष्टाचार कम हुआ है प्रौद्योगिकी आज की विकसित दूनिया में प्रतिस्पर्धा और शक्ति का प्रतीक बनी हुई है प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सर्वांगीण विकास के मिशन के साथ दो हजार चौदह में सत्ता में आई थी इसके लिए सभी प्रकार की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत वित्तीय नींव की जरूरत थी प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एक अरब से अधिक लोगों को बायोमैट्रिक की पहचान बैंक खाते और मोबाइल फोन उपलब्ध कराए गए हैं जिससे भारत को विश्व में सबसे बड़ा लोक आधारभूत ढांचा स्थापित करने में मदद मिली है लोक आस्था के चार दिवसीय महापर्व छठ का अनुष्ठान आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया सूर्य देव की आराधना के बाद व्रतियों ने छत्तीस घंटे का उपवास तोड़ा और श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरित किया गया औरंगाबाद के प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर पटना जिले में बाढ़ स्थित प्रण्यार्क मंदिर मसौढ़ी अन्मंडल स्थित सूर्य मंदिर द्रल्हिन बाजार के उलार्क शेखप्रा के तेउस सूर्य मंदिर बक्सर के राम रेखा घाट नवादा जिले के हंडिया सूर्य मंदिर गया में दक्षिणार्क सूर्य देवालय और नालंदा जिले में बड़गांव के बालार्क तथा औगांरी गांव स्थित अंगार्क सूर्य मंदिर में भगवान भास्कर को स्थानीय व्रतियों सहित अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में आये छठ व्रतियों ने अर्घ्य अर्पित किया छठ के बाद प्रदेश से बाहर जाने वालों के लिए रेलवे की ओर से कल से कई विशेष गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है यात्रियों की भीड़ को देखते हये रेलवे ने सत्ताईस अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है इन ट्रेनों में पटना बरौनी सहरसा मूजफ्फरपूर दरभंगा और गया स्टेशनों से नई दिल्ली मूम्बई और सिकंदराबाद जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों के लिए ट्रेनों का परिचालन किया जायेगा इनमें सात ट्रेनें पटना जंक्शन से खुलेगी जो आनंद विहार मुम्बई सिकंदराबाद और हबीबगंज के लिये जायेगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से अलग हुए और जहानाबाद के सांसद अरूण कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा के समर्थन में आ गये हैं श्री कुमार ने आरोप लगाया कि श्री कुशवाहा के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग से बिहारी अस्मिता को ठेस पहुंची है रालोसपा अध्यक्ष के प्रति सांसद अरूण कूमार के नरम रूख से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गयी हैं इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री सीपी ठाक्र ने कहा है कि उपेन्द्र क्शवाहा के एनडीए छोड़ने से बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को नुकसान हो सकता है उन्होंने एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को उपेन्द्र कुशवाहा की नाराजगी दूर करने के लिये प्रयास करने की अपील की पटना जिले के खिरीमोड थाना क्षेत्र अंतर्गत मैरा गांव में अज्ञात अपराधियों ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष अमित भूषण वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कल रात छठ पर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपराधियों ने अंधाधूंध गोलीबारी कर दी इस वारदात में रालोसपा नेता की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी कर रही है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है देश का संचार उपग्रह जी सैट उनतीस सफलतापूर्वक अपनी निर्धारित भू स्थैतिक कक्षा में पहुंचा दिया गया है इस उपग्रह से पूर्वोत्तर और देश के दूर दराज के इलाकों में तेज गति की संचार सुविधाओं में वृद्धि होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी सैट उपग्रह के अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि सबसे भारी उपग्रह को एक भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाना न केवल दोहरी सफलता है बल्कि एक नया रिकॉर्ड भी है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस उपग्रह से देश के दूर दराज क्षेत्रों में भी संचार और इंटरनेट सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी संसद का शीतकालीन सत्र ग्यारह दिसम्बर से शुरू होगा और आठ जनवरी दो हजार उन्नीस तक चलेगा आज नई दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया केन्द्र सरकार ने सागरमाला परियोजना के अंतर्गत मुंगेर जिले में गंगा घाट पर बंदरगाह स्थापित करने का निर्णय किया है जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि गंगा नदी के सीताकृंड डीह गंगा घाट पर मालवाहक जहाजों के ठहरने और सामान की आवाजाही का काम शुरू होगा उन्होंने बताया कि यह हिस्सा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक के अंतर्गत आता है उन्होंने कहा कि बंदरगाह के बन जाने पर जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत सीताकुंड डीह बरधे मिर्जापुर और कल्याणचक सहित बड़ी संख्या में आसपास के गांवों के लोगों को रोजगार मिलेगा जहाजों की आवाजाही से पूरे क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी राज्य के सभी प्रखंडों में सोलह नवम्बर को किसान क्रेडिट कार्ड शिविर का आयोजन किया जायेगा कृषि मंत्री प्रेम क्मार ने कहा कि पहले शिविर का आयोजन पंद्रह नवम्बर को किया जाना था लेकिन छठ पर्व के कारण यह सोलह नवम्बर को किया जायेगा देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को उनकी एक सौ उनतीसवीं जयंती पर आज भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित की गयी इस उपलक्ष्य में आज बाल दिवस भी मनाया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जंक्शन के नजदीक स्थित पंडित नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की प्रदेश में राज्य कांग्रेस मुख्यालय के अलावा विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन कर पंडित नेहरु को श्रद्धास्मन अर्पित किया गया प्रदेश में छठ के दौरान अलग अलग हादसों में छह लोगों की मौत हो गयी प्रलिस सूत्रों ने बताया कि बेगूसराय जिले के नावकोठी मुफस्सिल और नगर थाना क्षेत्र में ड्रबने और ट्रेन से कटकर हुए हादसों में तीन लोगों की मौत हो गयी वहीं शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र और नालंदा जिले के गिरियक प्रखंड़ के दशरथपुर गांव में अर्घ्य अर्पित करने के दौरान डूबकर एक एक व्यक्ति की मौत हो गयी मूंगेर जिले में गंगा नदी में मनियारचक सीताकृण्ड घाट पर एक युवती की सेल्फी लेने के दौरान ड्रबने से मौत हो गई मूजफ्फरपूर जिले के सूतापट़टी इलाके में एक साड़ी गोदाम में आग लगने से लाखों रूपये का माल जलकर राख हो गया दमकल की टीम ने दो घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज के निकट से पूलिस ने आज दो लोगों को गिरफ्तार कर चौबीस कार्टन विदेशी शराब बरामद किया इधर कटिहार जिले के बलरामपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक शराब तस्कर समेत करीब दो सौ लीटर बंगाल निर्मित विदेशी शराब बरामद किया गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पचासी पर चनावे गांव के पास एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गयी नालंदा जिले के परवलपूर थाना अंतर्गत धर्मकांटा के पास बस की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गयी हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने कई घंटों तक सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और अब अंत में मुख्य समाचार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राज्य के एक दिवसीय दौरे पर कल पटना आ रहे हैं